और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि समाज को निराश्रित बालिकाओं की सहायता और संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए

सुबह सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक चला इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह स्मृति ईरानी राज्यवर्द्धन राठौर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं इस बीच लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के तामलुक में एक जनसभा में कहा कि भाजपा हाशिये पर रहने वालों युवाओं और महिलाओं की आवाज है उन्होंने कहा कि जैशे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के भिवानी में एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया

डोली का रात्रि विश्राम भैरों घाटी स्थित भैरव मंदिर में होगा मान्यता हैं कि मां गंगा के द्वारपाल भैरव बाबा के यहां एक रात्रि को विश्राम करते हैं

उधर मां यमुना की डोली खरसाली से पांच किलोमीटर पैदल चलकर हजारों श्रद्धालुओं के साथ यमुनोत्री धाम पहुंचेगी

कपाट खुलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी आज सुबह बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली अपने गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए हुई रवाना हुई इस मौके पर डोली की पूजा अर्चना की गई और श्रद्वालुओं ने बाबा केदार की जय जयकार की इसके बाद डोली को रवाना किया गया डोली रात्रि विश्राम फाटा में करेगी इसके बाद कल डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी कपाट नौ मई को अभिषेक के बाद खोले जाएंगे प्रशासन ने केदारनाथ में तीन हजार लोगों के रहने की व्यवस्था होने का दावा किया है बाबा की डोली क साथ बड़ी संख्या में श्रद्वालु भी चल रहे हैं इस बार केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है इस कारण प्रशासन मौसम को लेकर एहतिहात बरत रहा है जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के लिए सभी प्रबंध कर दिये हैं केदारनाथ में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इस बार पॉलीथीन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी

यात्रा में आने वाले श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं उन्होंने बताया कि सभी यात्रा रूटों पर आपदा की टीम एसडीआरएफ जल पुलिस सहित अन्य टीमों की तैनाती कर दी गई ळें उधर पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर ने बताया कि ऊर्जा विभाग के सहयोग से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग की विद्युत लाइन अंडर ग्राउंड करने का लगभग कार्य पूरा हो चुका है जबकि शेष कार्यो को जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा

जिनमें देहरादून की शगुन मित्तल उधमसिंह नगर की जगनूर कौर चाण्डी और लोकेश जोशी भी शामिल हैं

इससे किसानों को मौसम का पूर्वानुमान मिल सकेगा जिससे खेती से जुड़े कार्यो में सहूलियत होगी

जबकि प्रदेश में तीन स्थानों पर इस यूनिट को लगाया गया है

एग्रोमेट फील्ड यूनिट से किसानों को अधिक फायदा मिलेगा

हरिद्वार में एक संस्था के वार्षिकोत्सव में उन्होंने कहा कि सरकार और समाज को मिलकर बेसहारा बालिकाओं और महिलाओं के सशक्त अभिभावक की भूमिका निभानी होगी उन्होंने लोगों से बालिकाओं को सहायता के साथ ही स्नेह और अपनत्व का वातावरण देने और उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की राज्यपाल ने बालिकाओं को पूरी लगन और परिश्रम से अध्ययन करने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा ही बालिकाओं की उन्नति का मार्ग खोलेगी

स्लग काफल चंपावत में जंगली फल काफल इन दिनों बाजारों में खूब बिक रहा है प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला काफल स्थानीय लोगों की आजीविका का साधन बन रहा है चम्पावत जिला मुख्यालय सहित टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी और लोहाघाट मार्ग सहित जगह जगह सड़क किनारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जंगलों से ताजे फल तोड़कर बेच रहे हैं काफल में औषधीय गुणों के साथ मिनरल और विटामिन्स की प्रचुर मात्रा होती है राजकीय महाविद्यालय चम्पावत के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ बृजेश्वर प्रसाद कहते है कि काफल एक औषधीय फल है जो आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने के काम आता है